योजना से टमाटर प्याज व आलू के दामों में स्थिरता आयेगी

केन्द्र सरकार ने आज आप्रेशन ग्रीन को लागू करने वाली योजना को मंजूरी दी है जिसके चलते पूरे देश में साल भर में टमाटर प्याज और आल् के दामों में स्थिरता आयेगी व ये उपलबध भी हो सकेंगे

केन्द्रीय खाद्य प्रंसस्करण उद्योगमंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आप्रेशन ग्रीन को मंजुरी के बाद कहा कि इन तीनों चीजों की दाम में अस्थिरता देश के लोगों के खर्च में बड़े पैमाने पर असर डालती है उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी योजना को सभी पक्षों से लगातार बातचीत के बाद लागू किया गया है श्रीमती बादल ने कहा कि सरकार ने कइ विशेष उपाय व जरूरत के आधार पर अर्थ की व्यवस्था भी आप्रेशन ग्रीन के तहत की है ताकि टमाटर और आलू के उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जा सके केन्द्रीय विज्ञान एंव प्रौदयोगिकी मंत्री डा हर्षवर्धन ने कहा है कि आयूर्वेद जैसी भारतीय उपचार पद्वति सभी के स्वास्थ्य के अंतराष्ट्रीय ध्येय को पाने में एक महत्वपूर्ण कारक है वो आज तीसरे आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह को सम्बधित कर रहे थे डा हर्षवर्धन ने कहा कि विज्ञान और आयुष मंत्रालय शोध व नवाचार की दिशा में आपस में मिलकर कार्य कर सकते है आय्ष मंत्री श्रीपद नायक ने इस अवसर पर कहा कि केन्द्र आयर्वेद व अन्य भारतीय उपचार पदवतियों को बडे पैमाने पर प्रोत्साकहित कर रहा है इस समारोह मे नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डा वी के पॉल आय्ष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा भी मौजूद थे धनवंतरी जयंती के अवसर पर आय्वेद दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आय्वेद के महत्व को बताया जा सके और आय्र्वेदिक जीवन पदवति को बढ़ावा दिया जा सके इस वर्ष का थीम जन स्वास्थ्य में आय्ष है हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि राज्य सरकार आय्र्वेद अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा स्विधाएं उपलब्ध करवा रही है

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार व विशेषकर केन्द्र सरकार ने इस दिवस को राष्ट्रीय आय्र्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और आय्र्वेद में शोध के कार्य किये जा रहे है तथा पंचकूला में एक हर्बल वन स्थापित किया जा रहा है श्रीमती जैन ने कहा कि ग्राम स्तर पर भी आयर्वेदिक डिस्पैंसरी स्थापित स्थापित की गई है आरोग्य संस्थान के संचालक संजय सेहरा ने बताया कि आय्र्वेद विश्व की सबसे बेहतरीन चिकित्सा प्रणाली है जिससे व्यक्ति निरंतर स्वस्थ रह सकता है मानोवैज्ञानिक रविन्द्र जसपाल ने साकारात्मक विचारों के महत्व पर प्रकाश डाला उधर आज अम्बाला जिला प्रशासन एवं आय्ष विभाग के सौजन्य से तीसरे राष्ट्रीय आय्र्वेदिक दिवस एवं धन्वतंरी जयंती के उपलक्ष में मैराथन का आयोजन किया गया उसे नगराधीश स्शील क्मार व एसडीएम स्भाष चंद्र सिहाग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इसके उपरांत अम्बाला छावनी तोपखाना स्थित सम्मान केन्द्र में एक निश्ल्क कैम्प का आयोजन भी किया गया जहां चिकित्सकों दवारा आयर्वेदिक दवाईयों तथा पंचकर्मा के कर्म निश्ल्क करवाए गये इस अवसर पर आय्र्वेदिक औषधियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई

हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समय की मांग है और सभी लोग यही चाहते हैं श्री शर्मा आज चंडीगढ़ में अपने सरकारी निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हए कहा कि प्रसिद्ध इतिहासकार श्री केके मोहम्मद ने भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सिद्ध किया है कि बाबर ने आक्रमण करके वहां पर पहले से स्थित राम मंदिर को तोडक़र मस्जिद बनवाई थी उन्होंने कहा कि राम लोगों का विश्वास है इनेलो में चल रहे चाचा भतीजे के विवाद के बारे में एक के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये उनका पारिवारिक झगड़ा है म्झे इस मामले में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उन्होंने कहा कि उनका चौधरी देवीलाल के साथ प्राना संबंध है और उनके साथ आपातकाल में जेल में रहा हं उनके प्रति मेरी श्रद्वा है उन्होंने कहा कि उनका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सुझाव है कि उनको पूरे परिवार को इकट्टा कर एक छत के नीचे मसला सुलझाना चाहिए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नियमित अध्यापकों की जितनी भर्ती हई हैं उतनी पहले कभी नहीं हई

हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि मेक इन हरियाणा और मेक इन इंडिया को और अधिक गति देने के लिए सभी शिक्षण संस्थाओं में व्यवसायिक शिक्षा से सम्बन्धित ढांचागत स्विधाओं की व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है तभी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा से बातचीत करते हए कहा कि श्री आर्य ने समय की जरूरत है विद्यार्थियों को उनकी रूचि अन्सार व्यवसायिक शिक्षा दी जाए विदयार्थी भी अपनी रूचि अन्सार पारंगत होगें और शिक्षा प्री कर स्टार्ट अप इंडिया जैसे अभियान से जुडक़र स्वरोजगार स्थापित कर पाएंगे उन्होने य्वाओं को अप्रेन्टिपशिप जैसे कार्यक्रमों से जोडऩे पर भी बल दिया इसके साथ साथ उन्होनें कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग य्वाओं को अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण की देने की व्यवस्था करें जिससे वें स्वरोजगार की दिशा में और आगे बढ़ सके आज हरियाणा सहित देश भी में धनतेरस का त्यौहार मनाय जा रहा है लोगों ने आज के दिन सोना चांदी और बर्तनों की जमकर खरीद की देश भर के शहरों से इस अवसर पर अच्छा व्यापार होने की समाचार मिले है यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि धात् नगरी जगाधरी के बर्तन बाज़ार मे करोड़ो रूपयों का कारोबार ह्आ है लोग आध्निक बर्तनों के अलावा पीतल व कांसे के बर्तन को खरीदने का तरजीह दे रहे है हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा के अन्सार हिमाचल प्रदेश उत्तरप्रदेश और पंजाब से आये लोग ने भी यहां बर्तनों की खूब खरीददारी की भीड़ को देखते हए आज देर शाम तक खरीददारी होने की संभावना है तथा गहनों की भी जमकर खरीददारी हई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश वासियों को धनतेरस की श्भकामनाएं दी सूबह एक टवीट संदेश मे श्री मोदी ने आशा जताई कि ध्नतेरस का त्यौहार समाज शांति और समृद्वि को बढ़ावा देगा वित्तमंत्री अरूण जेतली ने आज कहा है कि देश में प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णयों व तारीखो के कारण पक्षपात पूर्ण तरीके से निविदा व ठेकों का दिया जाना तथा आपसी मिली भगत के जरिये व्यापार करने पर रोक लगा है

मामले की जानकारी देते हए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मूनीष बंसल ने बताया कि विभाग को चलती गाड़ी में लिंग जांच करने वाले इस गिरोह की ग्प्त जानकारी प्राप्त हुई थी इसके बाद प्लिस के सहयोग से एक संयुक्त टीम बनाकर रतिया इलाके में इस गिरोह को धर दबोचा गया प्लिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव कलांप्र के नजदीक एक मकान पर छापा मारा वहां पर रिफाइंड व रसायनों से तैयार की जा रही दस क्विंटल से ज्यादा मिठाई पकड़ी एस डी एम जगाधरी बीबी कौशिक ने बताया कि कल की गई छापेमारी के दौरान मिठाईयों के गोदाम को सील कर दिया गया है